उन्होंने कहा कि चूंकि इसका कोई टीका उपलब्ध नहीं है इसलिए इस संक्रमण से बचने का उपाय केवल मास्क और दो गज की दूरी या सुरक्षित दूरी है इसकी एक दवाई है जिसका हम सबको पता है और ये दवाई है दो गज की दूरी ये दवाई है मुंह ढ़कना फेसकवर या गमछे का इस्तेमाल करना जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं बनती है टीका नहीं बनता है हम इसी दवाई से इस कोरोना को रोक पाएंगे

आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार योजना उन विस्थापित श्रमिकों के लिए रोजगार सृजन के बारे में है जो हाल में अन्य राज्यों से लौटे हैं

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान आज इसी शक्ति ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान को प्रेरणा दी है यानी केन्द्र सरकार की योजना को योगी जी की सरकार ने गुणात्मय और संख्यात्मक दोनों ही तरीके से विस्तार दे दिया है यूपी सरकार ने न सिर्फ इसमें अनेक नई योजनाएं जोड़ी हैं लाभार्थियों की संख्या बढ़ायी है बल्कि इसे आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के साथ भी पूरी तरह जोड़ दिया है क्लब कर दिया है इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने प्रवासी श्रमिकों के मुद्दे से प्रभावी रूप से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार विशेषकर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सराहना की उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सभी संसाधनों का इस्तेमाल कर युद्ध स्तर पर कार्य कर प्रशंसनीय योगदान दिया यहां तक कि योगी आदित्यनाथ अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हुए और राज्य के लोगों के लिए काम करते रहे एक रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोविड महामारी से लड़ने के लिए प्रदेश सरकार की कोशिशों का खासतौर पर जिक्र किया और उन्हें ऐतिहासिक बताया उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने एक लाख से ज्यादा कोविड बिस्तरों का इंतजाम किया साठ हजार से ज्यादा स्वास्थ्य टीमें बनाई और जरूरतमंदों के लिए राशन और भोजन की व्यवस्था करने के साथ ही आत्मनिर्भर भारत के लिए अनेक योजनाएं शुरू कीं

सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण पाने में जिस प्रकार सफलता हासिल की है वह अनुकरणीय है उन्होंने कहा कि यह सफलता और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती जब हम इसकी तुलना यूरोप के उन चार बडे देशों स करते हैं जिनकी जनसंख्या लगभग उत्तर प्रदेश की आबादी के बराबर है इन देशों में कोरोना से एक लाख से अधिक लोगों की मौत हुई है जबकि उत्तर प्रदेश में यह संख्या केवल छह सौ है

ड़ुमरियागंज से भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने प्रदेश सरकार की इस पहल को ऐतिहासिक कदम बताया

जब एक तरफ लॉकडाउन में तमाम प्रवासी मजदूर बड़ी संख्या में मुंबई से देहली से कोलकाता से हैदराबाद से अहमदाबाद से वापस घरों में आ गये हैं तो उनके सामने रोजगार का संकट है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

उन्होंने सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने के लिये लगातार प्रयास किया जाना आवश्यक है

उन्होंने निर्देश दिये कि कोविड और नान कोविड अस्पतालों के कार्यो की लगातार मानीटरिंग की जानी चाहिये मुख्यमंत्री ने रैपिड एनटीजेन टेस्टिंग को बढ़ाने की आवश्यकता बताई उन्होंने कहा कि बाजारों चौराहों और अन्य जगहों पर नियमित फूट पेट्रालिंग करते समय यह सुनिश्चित किया जाये कि कहीं भी भीड़ इकट्ठी नहीं हो

उन्होंने कहा कि जब तक वैक्सीन नहीं बन जाती है लोग सतर्क रहे और सावधानी बरते मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम में उद्योगों द्वारा पूरा सहयोग दिया उन्होंने कहा कि कोरोना रोकथाम एक टीम वर्क है इसे कोई भी अकेला नहीं कर सकता उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में प्लस आक्सीमीटर तथा इंफ्रारेड थर्मामीटर का उत्पादन किया जा रहा है इससे कोरोना स्क्रीनिंग में काफी मदद मिलती है

राज्य के राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार देवरिया जिले में बिजली गिरने से नौ लोग मारे गए और छह घायल हो गए प्रयागराज जिले में छह अम्बेडकर नगर में तीन बाराबंकी में दो और कुशीनगर फतेहपुर बलरामपुर तथा उन्नाव जिले में एक एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है कई अन्य जनपदों से भी लोगों की मौत के समाचार है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया ह और प्रत्येक मृतक के परिवार को चार लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है उन्होंने इस प्राकृतिक आपदा में घायल हुए लोगों को तत्काल चिकित्सा सहायता देने और पीड़ित परिवारों को सहायता देने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं